प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को योग को आंदोलन के रूप में जीवन का हिस्सा बनाये का आहवान किया

आज चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है प्रधानमंत्री ने देहरादून में बन अन्संधान संस्थान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हज़ारों लोगो के साथ योग आसनों का अभ्यास किया उन्होंने लोगों से आहवान किया कि वे योग को एक आंदोलन के रूप में अपने जीवन मका हिस्सा बनाएं उन्होंने कहा कि योग प्रे विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है तथा एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है श्री मोदी ने कहा कि योग भारतीय पंरपरा का हिस्सा रहा है तथा यह लोगों को आपस में जोड़ता है उन्होंने कहा कि योग करने से व्यक्ति प्रे जीवन मे फिट व स्वस्थ रह सकता है योग ने विश्व को रोग से निरोग का रास्ता दिखाया है राष्ट्रपति राम नाम कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति देसरी दिलानो ब्तरस्य के साथ सूनीनाम की राजधानी परामारीबो में योग किया पहली बार दो देशों के राष्ट्रपतियों ने एक साथ योग किया कल सुरीनाम राष्ट्रीय सांसद में बोलते हए राष्ट्रपति श्री कोविंद ने राष्ट्रीय संसद के सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों को योग में शामिल होने और उसका लाभ लेने का न्यौता दिया हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ में आज आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रे उत्साह के साथ मनाया गया

पंजाब व हरियाणा मे प्रदेश स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां दोनों राज्यों के मंत्रियों व अन्य गणमान्य वयक्तियों ने कार्यक्रम की अग्रवाई की हरियाणा में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम झज्जर मे आयोजित किया गया जबकि पंजाब का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मोहाली में आयोजित किया गया जहां समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों ने योग अभ्यास किया हरियाणा के राज्यपाल प्रो कप्तान सिंह सोलंकी पंचकूला में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के बतौर मुख्य अतिथि शामिल हए ग्रूग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने शिरकत की अम्बाला में योग कार्यक्रम में अम्बाला के स्वास्थ्य मंत्री एवं खेल मंत्री अनिल विज ने हिस्सा व स्वय भी आम लोगों और अधिकारियों के साथ योग किया इस मौके पर श्री विज ने कहा कि योग के माध्यम से भारत विश्व ग्रू की भूमिका में आ गया है योग शरीर को स्वस्थ रखने का विष्या है और किसी धर्म से जुड़ा नहीं है पलवल में आयोजित योग कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद रमेश चंद्र कोशिक ने की उन्होंने कहा कि योग शरीर मन की भावनाओं को संतलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम मे अम्बाला के सांसद रतन लाल कटारिया ने हजारों लोगों के साथ मुख्य अतिथि योग अभ्यास किया

क्छ रिकार्ड किये गये संदेश प्रसारित भी किए जा सकते है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने लोगों को अपना जीवन तनाव रहित रखने के लिए कम से कम एक दिन ख्द को समर्पित करने का स्झाव दिया है म्ख्यमंत्री चत्र्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज झज्जर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित योग साधकों को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर म्ख्यमंत्री के साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ तथा बहाद्रगढ़ के विधायक श्री नरेश कौशिक ने भी योगाभ्यास किया श्री मनोहर लाल ने भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी पहल् योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया

म्ख्यमंत्री ने कहा कि भौतिक विकास के साथ साथ लोगों के मन में प्रसन्नता के भाव को जगाने के लिए राज्य के सभी जिलों में राहगिरी कार्यक्रमों का पाक्षिक या मासिक आयोजन किया जा रहा है भूटान का जिक्र करते हए उन्होंने बताया कि वहां की सरकार ने तो लोगों को ख्श रखने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस भी बनाया है कार्यक्रम के दौरान शांति व ख्शहाली के लिए तिरंगे ग्रब्बारे भी छोड़े गए म्ख्यमंत्री ने प्लिस महानिरीक्षक नवदीप सिंह विर्क के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रोहतक से झज्जर तक साइकिल पर सवार होकर पहंचने की प्रंशसा की

कार्यक्रम के दौरान म्ख्यमंत्री ने प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग का गठन करने की घोष्णा भी की

विधि एवं विधायी विभाग दवारा इस संबंध में जारी एक अधिस्चना के अनुसार मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और सिंचाई एवं जल संसाधन के प्रभारी मंत्री और विकास एवं पंचायत के प्रभारी मंत्री इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति को कार्यकारी उपाध्यक्ष निय्क्त किया जाएगा अन्सूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शग्न योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को सरकार ने बढ़ाकर ढाई लाख रूपये कर दिया है

हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डा बनवारी लाल ने कहा है कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के सभी कनैक्शनों पर ट्रंटी लगाई जाएगी ताकि व्यर्थ बहने वाले जल की बर्बादी को रोका जा सके मंत्री कैथल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि गर्मी बढऩे से नहरी पानी कम होने के कारण विभाग दवारा कम पेयजल की आपूर्ति की जा रही है

हरियाणा में पारदर्शी शासन और व्यवस्था में बदलाव के लिए उठाए जा रहे कदमों के बीच अब प्रदेश सरकार के मंत्री अपने अपने विभाग के आला अधिकारियों के साथ नियमित तौर पर प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से अपने विभाग उपलब्धियां बताएंगे इसके लिए रोस्टर प्रणाली के तहत ड्युटियां लगेंगी और हर सप्ताह सोमवार व वीरवार को प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की जाएंगी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशों के बाद उनके प्रधान सचिव श्री राजेश ख्ल्लर द्वारा इस सम्बध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है सिरसा में सभी रेहड़ी वालो को आधार से जोड़ा जाएगा उपाय्क्त प्रभजोत सिंह एवं पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि आदतन अतिक्रमणकारियों के लिए प्रशासन ने जुर्माना और द्कान सील करने की योजना बनाई है उन्होंने कहा कि आदतन अतिक्रमणकारी द्वकानदार के रवैये में सुधार नहीं हआ तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकद्दमा दर्ज करवाया जाएगा